केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का लिया निर्णय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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओडिशा के संबलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम परिसर की आधारशिला रखी इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईएम संबलप्र के बनने से संबलपुर शिक्षा का नया हब बनने जा रहा है सरकार राष्ट्र के विकास के लिए सबको मुख्यधारा में लाना चाहती है श्री मोदी ने कहा कि अब समय के साथ ही नहीं समय के पहले भी चलने की कोशिश करें प्रबंधन विशेषज्ञ लोकल फॉर वोकल के जरिए संबलपुरी टैक्सटाइल को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और ओडिशा के पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान दे सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों को देश में अपना प्रबंधन कौशल दिखाना है वे स्टार्टअप के जरिए भी अपना प्रबंधन कौशल दिखा सकते हैं

नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने वाला यह हरित परिसर होगा इस निर्माण को दो हजार बाइस तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को मुफ्त में लगाया जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन आज शुरू हुए कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे थे उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से ग्रमराह ना हों उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशानिर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी उन्होंने कहा कि टीके को लेकर आम लोगों में हिचक पोलियो टीकाकरण के दौरान भी देखी गई थी लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास चार राज्यों में पहले किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाये जाने को छोड़कर टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीके लगाए जाने के लिए करीब दो हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार किया गया है

इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभार्थियों को वैक्सीन के नमूने दिए जाएंगे इसका उद्देश्य वैक्सीन शुरू करने की तैयारियों की जांच करना है आज का पूर्वाभ्यास सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे कम से कम तीन सत्र स्थलों पर पूर्वाभ्यास कार्यक्रम चलाएं

कृत्रिम टीकाकरण से पूर्वाभ्यास में योजना और कार्यान्वयन के बीच तालमेल की जांच होगी तथा होने वाली समस्याओं का भी पता चलेगा

कॉल सेंटर के कर्मचारियों को इससे संबंधित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण दिया गया है पाकृड़ जिले में आज दो केंद्रो पर कोरोना टीकाकरण का ड्राइ रन किया गया कोरोना टीकाकरण की तैयारी प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गयी है वैक्सिन के रख रखाव और उसके सुरक्षित वितरण को लेकर जिला से प्रखंड स्तर पर कोल्ड चेन पर विशेष ध्यान दिये गये हैं जिले के सदर अस्पताल और हिरणपुर प्रखंड के डांगापाड़ा उपस्वास्थ केंद्र में टीकाकरण का ड्राय रन किया गया सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान की मौजूदगी में सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना टीकाकरण के लिए ड्राय रन कराया गया दोनों केंद्रों पर पच्चीस पच्चीस स्वाथ्य कर्मियों ने टीकाकरण के पुर्वाभ्यास में हिस्सा लिया ड्राय रन के दौरान वेटिंग रूम वैक्सिनेटर रूम और आवर्जवेशन रूम को सुरक्षा गाइड लाइन के मुताबिक व्यवस्थित किया गया गेल इंडिया जमशेदपुर में टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए बनाए गए क्वार्टर में पाइप लाइन के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति करेगी जून जुलाई से गैस आपूर्ति की सुविधा बहाल करने के लिए पाइप लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है

राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बूटा सिंह के निधन से देश ने एक ऐसा उत्कृष्ट प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति खो दिया है जिसने सबसे लंबे समय तक सांसद के रूप में अपनी सेवाए दीं उन्होंने कहा कि बूटा सिंह समाज के कमजोर वर्गों के हितों के लिए हमेशा काम करते रहे प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बूटा सिंह एक कुशल प्रशासक थे जो गरीबों और वंचित लोगों की बेहतरी के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे

वह पिछले साल अक्तूबर से ही कोमा में थे

केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी सेवाएँ दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह ने कल यह घोषणा की उन्होंने कहा कि इससे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीआर पीएफ बीएसएफ सीआईएसएफ इत्यादि के युवा जवानों को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी सेवा की प्रकृति ऐसी है कि वे अपना दायित्व निभाते हुए दिव्यांगता का शिकार हो सकते हैं डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की नई पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन को सेवानिवृत्ति के बाद भी आसान बनाना है इससे वह कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे जो आज पेंशन भोगी हैं अथवा जिनके परिजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं इसके अतिरिक्त पेंशन से जुड़े नियमों में एक और महत्वपूर्ण सुधार यह किया गया है

देश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं आज यह और घटकर दो दशमलव चार तीन प्रतिशत रह गए

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से मरने वालों की दर भी घटकर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत रह गई है

कल बारह हजार सात सौ सड़सठ नमूनों की जांच की गई इनमें एक सौ अठाइस लोग पॉजिटिव पाए गए राज्य में अब तक कोरोना के अड़तालीस लाख तेरह हजार दो सौ नमूनों की जांच की गई है झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छह सौ बयासी है जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या एक हजार तीस है राज्य भर में इलाज के बाद एक लाख बारह हजार पांच सौ उनतीस लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के कुंडलीपुर में एक नक्सली सहित तीन लोगों की हत्या कर दी गयी पहले एक नक्सली ने गांव के एक ग्रामीण को गोली मार दी उसके बाद गुस्साये ग्रामीण के परिजन और ग्रामीणों ने नक्सली और उसकी पत्नी को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी

जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने घटना की पुष्टि की है इस पूरी घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है